मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी वर्षा की दी चेतावनी मानसून राजधानी रायपुर पहुंचा

इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी बल्कि बच्चों के प्रवेश की प्रशिक्र या शुरू की जाएगी वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दूसरी किश्त का भुगतान बीस अगस्त को किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस सं क्र मण के मद्देनजर जुलाई महीने से स्कूल कॉलेज के संचालन की स्थिति नहीं है शैक्षणिक संस्थाओं स्कूलों और कॉलेजों में जुलाई माह में सिर्फ प्रवेश की प्रशिक्र या शुरू होगी केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ करने के बारे में विचार किया जाएगा उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है बिना मास्क लगाए पाए जाने पर सौ रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा इसी तरह सभा और समारोह का आयोजन स्थगित रहेगा आश्रम छात्रावास सैनिटाईज इस बीच प्रदेश में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास और आश्रमों को कोरोना वायरस सं क्र मण से बचाव के लिए आगामी शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले और शिक्षा सत्र के दौरान नियमित साफ सफाई के साथ ही सैनिटाईज भी किया जाएगा विभागीय सचिव डीडी सिंह ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिलों के सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं इसमें छात्रावास और आश्रमों की दैनिक स्वच्छता और सैनिटाईजेशन पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया है सफाई कर्मचारी सुरक्षा किट पहनकर ही साफ सफाई करेंगे छात्रावास और आश्रमों में विद्यार्थी तथा कर्मचारी सावधानीपूर्वक दैनिक कार्य करेंगे जिससे उनका संक्र म ण से बचाव हो सके सभी सहायक आयुक्तों को अपने जिले में स्थित सभी छात्रावास आश्रमों के अधीक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है

दुर्ग जिले में आज तीन नए मरीज मिले हैं ये मरीज गोड़पेंडरी नंदेली और भिलाई के रहने वाले हैं वहीं रायपुर जिले में भी तीन नए मरीजों की पुष्टि के समाचार मिले हैं इनमें एक अंबेडबर अस्पताल का वार्ड ब्वॉय दूसरा एम्स रायपुर का मेडिकल इंटर्न और तीसरा बिरगांव कंटेन्मेंट जोन का रहने वाला बताया गया है इसके अलावा राजनांदगांव में आज कोरोना सं क्र मित एक और मरीज की पहचान की गई है यह महिला मरीज बलदेवबाग क्षेत्र की रहने वाली है

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी आर्थिक गतिविधियां बंद रहेंगी हालांकि राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के संबंध में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है यदि कलेक्टर चाहे तो साप्ताहिक अवकाश में कोई छूट दे सकते हैं उधर बिलासपुर जिले में कोरोना वायरस सं क्र मण के फैलाव को देखते हुए आगामी शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा इधर बालोद जिले में प्रशासन द्वारा केन्द्र और राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप शादी के लिए अब तक नौ सौ से अधिक अनुमति दी जा चुकी है इस बीच बालोद में इस बार कोरोना सं क्र मण को देखते हए वृहद स्तर पर रथयात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा स्थित सामुदायिक केन्द्र में पदस्थ एक डॉक्टर द्वारा कोविड अस्पताल में ड्यूटी से इंकार करने पर उसके खिलाफं एफआईआर दर्ज की गई है वहीं महासमुंद जिले में प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि क्वारेंटाइन सेंटरों से निश्चित अवधि पूरी किए बिना अगर कोई बाहर निकलता है तो इसकी जवाबदारी संबंधित नोडल अधिकारी की होगी इसी जिले में कोरोना सं क्र मण से बचाव के लिए जिला प्रशासन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों को हाईड्र ॉक्सी क्लोरोक्वीन की दवा दी जा रही है क्वारेंटाइन सेंटर कोरोना वायरस सं क्र मण की रोकथाम के लिए क्वारेंटाइन सेंटर से क्वारेंटाइन अवधि प्री कर घर जाने वालों की निगरानी के लिए अब गांव में ग्राम समितियां गढित की जाएंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रे सिंग के जरिये आयोजित कलेक्टरों की बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि जिन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी उद्योग में बाहर से श्रमिक लाए जा रहे हैं तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को अवश्य दी जाए ऐसे उद्योग जो बाहर से आने वाले मजदूरों की जानकारी प्रशासन को नहीं दे रहे हैं उन पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए मुख्यमंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटरों से अवधि पूर्ण कर घर जाने वाले ग्रामीणों की निगरानी के लिए कोरबा जिले की तर्ज पर सभी गांवों में निगरानी समिति गठित करने के भी निर्देश दिए इस समिति में शासकीय अमले के साथ साथ गांव के लोगों को भी शामिल किया जाएगा घर जाने वाले ग्रामीणों को यह समझाइश दी जाएगी कि वे चौदह दिनों तक घरों में ही रहें और पारिवारिक सदस्यों से भी दूरी बनाकर रखें ई पास छत्तीसगढ़ के भीतर सड़क मार्ग से अंतरजिला और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई पास ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस ऐप के माध्यम से एक घंटे में ई पास जारी किया जा रहा है और इसके लिए कोई शल्क भी नहीं लिया जा रहा है अधिकारियों ने बताया कि ई पास के लिए आवेदन करना काफी सरल है और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक यात्री को एक घंटे में ई पास जारी किया जा रहा है केवल शादी या किसी अन्य उद्देश्य तथा अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले आवेदन को ही जिला प्रशासन द्वारा आवेदन के चौबीस घंटे के भीतर विस्तुत जांच के बाद ई पास जारी किया जा रहा है छत्तीसगढ़ आने वाले या छत्तीसगढ़ से जाने वाले सभी यात्री प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर उसके माध्यम से आवेदन कर ई पास आसानी से प्राप्त कर सकते हैं

इसके लिए विभाग ने दस दस बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं जिनमें से प्रत्येक बोगी में सोलह कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक पांच हजार दो सौ इकतीस बोगियों को तैयार किया जा चुका है इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है

मुख्य परीक्षा के लिए तीन हजार छह सौ सत्रह अभ्यर्थियों का चयन किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग द्वारा अलग से जारी की जाएगी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार उन्नीस की लिखित परीक्षा के परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों का पंद्रह गुना अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाना था आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा दो हजार उन्नीस के अंतर्गत अट्ठारह सेवाओं के लिए कुल दो सौ बयालीस पद विज्ञापित किए गए थे बीते नौ फरवरी को आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और वर्गवार या उप वर्गवार पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर तीन हजार छह सौ सत्रह अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हांकित किया गया है सुप्रीम कोर्ट निजी कंपनी उच्चतम न्यायालय ने निर्देधा दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है न्यायमूर्ति अधोक भूषण संजय कि धन कौल और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रशिक्र या में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें न्यायालय ने केन द्र से भी कहा है कि वह गृह मंत्रालय के उनतीस मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में चार सप्ताह के अन्दर अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करें इस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है न्यायालय इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कंपनियों की याचिकाओं पर अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में तीन हाथियों की मृत्यु के मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक केसी बेवर्ता की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगी खाद्य विभाग कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में खाद्यान्न भंडारण आपूर्ति और वितरण के समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भंडारण और वितरण की निगरानी के साथ ही प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न कराने के लिए कंद् ोल रूम स्थापित किया गया है जिला पंचायत रायपुर में संचालित यह कंद्रोल रूम अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक काम करेगा इस राज्य स्तरीय कंद्रोल रूम का टेलीफोन नंबर है शुन्य सात सात एक दो आठ आठ दो एक एक तीन बिना राशन कार्ड वाले व्यक्तियों और प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क खाद्यान्न देने के लिए मोबाइल ऐप पर पंजीयन की सुविधा दी गई है कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर प्रवासी खाद्य मित्र ऐप डाउनलोड कर अपने और परिवार के सदस्यों का पंजीयन करा सकते हैं इसके अलावा विभाग की जनभागीदारी वेबसाइट में भी ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकता है रमन सिंह दौरा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कोरोना सं क्र मण से बचाव और हाथियों की मौत के मामले में राज्य सरकार को गंभीरता दिखाना चाहिए डॉक्टर सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव भ्रमण के दौरान अलग अलग गांवों में सभाएं लीं और केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना सैंपल जांच को लेकर ढ़िलाई बरती गई है एम्स रायपुर में ही ढ़ाई हजार से अधिक सैंपलों की जांच अभी तक नहीं हुई है कारतूस सप्लाई बर्खास्त माओवादियों को कारतूसों की आपूर्ति करने के आरोप में सुकमा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों जवानों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की है माओवादियों को कारतूसों की आपूर्ति करने के मामले में सुकमा पुलिस उल्लेखनीय है कि ने छह आरोपियों को गिरफ तार किया था इनमें ये दोनों जवान भी शामिल थे मामले की जांच आईपीएस सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी द्वारा की जा रही है हादसा रायगढ़ जिले के एक निजी इस्पात संयंत्र के रू क्रैप यार्ड की टंकी में हुए विस्फोट से झुलसे चार श्रमिकों में से दो की आज मौत हो गई स्क्र े प यार्ड में पुराने वाहन को काटा जा रहा था तभी यह विस्फोट हुआ और इस धमाके से चार श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए थे उपचार के दौरान आज दो मजदूरों ने दम तोड़ दिया पुलिस के अनुसार इस मामले में संबंधित उद्योग प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है बालोद विवाद बालोद जिले में दो गांवों के बीच सीमा विवाद का मामला सामने आया है विवाद के कारण हुई झडप में करीब पचास लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पेवरो और घोघोपुरी के बीच कार्य चल रहा था इसी दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों गांव के ग्रामीण आपस में भिड़ गए घटना में घायल ग्रामीणों को सामुदायिक केन्द्र गुरूर में भर्ती कराया गया है आईपीएस याचिका प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता की याचिका को बिलासपुर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है आईपीएस मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू में दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू द्वारा एमजीएम अस्पताल मामले में मुकेश गुप्ता उनके पिता जयदेव गुप्ता और डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल को आरोपी बनाते हुए अपराध पंजीबद्व किया गया है मौसम मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के लिए प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए येलो वहीं कुछ अन्य स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बस्तर संभाग के साथ ही धमतरी रायपुर बालोद गरियाबंद और महासमुंद जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है वहीं कुछेक स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है निम्न दाब का क्षेत्र तटीय आंध्रप्रदेश और इससे लगा कटक ओडिशा के पास स्थित है इसी तरह निम्न दाब का क्षेत्र मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए शून्य दशमलव नौ किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है इस बीच मानसून दक्षिणी छत्तीसगढ़ से प्रवेश कर अब राजधानी रायपुर तक पहुंच चुका है इसके असर से बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित कई हिस्सों में बारिश हुई वहीं बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है

यह छूट चालू वित्तीय वर्ष में जून जुलाई और अगस्त तक के संपत्ति कर में मिलेगी